वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखा दो हजार चौदह पन्द्रह में दो ट्रिलियन डॉलर के मुकाबले दो हजार उन्नीस बीस में सकल घरेलू उत्पाद बढकर हुआ दो दशमलव नौ ट्रिलियन डॉलर सूचना और प्रसारण मंत्रालय पूरे देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का कर रहा है आयोजन उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की याचिका पर निर्भया सामूहिक द्ष्कर्म और हत्या मामले में मृत्युदण्ड पाए चारों अभियुक्तों से मांगा जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूर्वाचंल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा मुख्यनंत्री कल सुल्तानपुर में हलियापुर के निकट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण कर रहे थे उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन बनेगी और इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा

पूर्वाचल एक्सप्रेस वे के इत्ती निरीक्षण और विकास के अलग अलग पैकेजज है उसकी प्रोप्रेस क्या है उसकी मानक की गुणवत्ता को बनाये रखते हुए समयबद ढंग से आगे बढ़ रहे है और निश्चित ही इस विकास की सकारात्मक रूप के कारण हम प्रदेश के विकास को नई ऊँचाईयां देने में सफल हॉगे इम दीपावली के गिफ्ट के रूप में पूर्वाचल वासियों को इस एक्सप्रेस वे के मेंट के रूप में दे सके मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन सौ चालीस किलोमीटर लम्बा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ से बाराबकी अमेठी सुल्तानपुर अयोध्या अम्बेडकर नगर आजमगढ़ बलिया और वाराणसी को जोड़ने का काम करेगा उन्होंने कहा कि इसका निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा गया है और खाद्य मुद्रास्फीति भी सीमित स्तर से अधिक नहीं बढ़ी है राज्यसभा में कल बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि देश का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष दो हजार उन्नीस बीस तक दो दशमलव नौ ट्रिलियन डॉलर हो गया है जो वर्ष दो हजार चौदह पन्द्रह में दो ट्रिलियन डॉलर था उन्होंने कहा कि जी एस टी संग्रह में निरंतर सुधार हो रहा है मौजूदा वित्त वर्ष के पिछले छह महीने में यह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है श्रीमती सीतारामन ने कहा कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में पिछले वर्ष नवम्बर में एक दशमलव आठ प्रतिशत की वृद्वि हुई संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अगले महीने की दो तारीख तक स्थगित कर दी गई है इसी दिन बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिये सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहंचाने में महिला आयोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है वे कल लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित महिला जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिये बहुत सी योजनाएं चल रही है जिनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मिशन इन्द्र धनुष व महिलाओं को तीन तलाक की कृप्रथा से मुक्ति दिलाने जैसे कार्यक्रम अहम है उन्होंने कहा कि पांच वर्ष पहले तक देश में बहत से जनपद ऐसे थे जहां पर बालक बालिकाओं के अनुपात में काफी अन्तर आ गया था इस विषमता को प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से दूर करने में हम काफी हद तक सफल रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तेईस तारीख को देश और विदेश के लोगों के साथ आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जी ओ वी डॉट इन पर भी लिख सकते हैं वे एक नो दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं

अभियान के व्यापक उद्देश्यों में देश की विविधता में एकता को दर्शाना तथा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा कई पहल किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से राजस्थान के बीच सदियों पूराने संबंधों को प्रस्तुत किया जा रहा है इंजीनियरिंग और आर्किटेक्वर की पढाई करने जयपुर आए असम के कई छात्रों पर राजस्थान की रंगबिरंगी संस्कृति का खासा असर हुआ है असम के कार्बी एनोंग के रहने वाले ऋतिक प्रसाद कहते हैं कि राजस्थान की हवेलियां यहां का पहनावा और विरासत अदमुत है

अगर हम लोग उसे नोटिस नहीं करेंगे तो हमको लगेगा कि सब लोग पगड़ी लगाते है और बात करे हवेली की गहां पर कुल अलग डिजाइन्स है किसी दूसरे डिस्ट्रिक में अलग डिजाइन्स से है वर्षाती ब्रम्हा भी इसी संस्थान में पीएचडी कर रही हैं उनका कहना है कि इस प्रदेश में अतिथियों को अच्छा सम्मान दिया जाता है मेरा भी इंघर बहुत सारा दोस्त है हम लोग अगर उन लोगों के घर जाते है तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों के घर में कोई नॉर्ष ईस्ट का आया है तेकिन इयर में ये है कि बहुत इम्पोटेंश भी दिया जाता है लड़कियों को उन लोगों की एजुकेशन को लेकर सैंकडों किलोमीटर दूर अध्ययन करने आये ये छात्र अपनी संस्कृति खान पान और पहनावे को याद करते हैं लेकिन राजस्थान के बारे में जानना यहां की संस्कृति से रूबरू होना भी इनके लिए नया अनुषव है जितेन्द्र द्विवेदी आकाशवाणी समाचार जयपुर उच्चतम न्यायालय ने कल केंद्र सरकार की याचिका पर निर्मया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मृत्युदण्ड पाए चारों अभियुक्तों से जवाब मांगा है केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी है जिसमें चारों अभियुक्तों के मृत्युदण्ड के अमल पर लगी रोक को हटाने की उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि अधिकारी अभियक्तों को फांसी देने की नई तारीख के लिए निचली अदालत में जा सकते हैं इस बीच निर्मया के माता पिता और दिल्ली सरकार ने इस मामले में चारों दोषियों को फांसी दिए जाने के लिए नया वारंट जारी करने के वास्ते सत्र अदालत में अर्जी दी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेद्र राणा ने सभी दोषियों को नोटिस जारी किया और कहा कि न्यायालय इस पर कल विचार करेगा पीड़िता के माता पिता ने अपनी अर्जी में कहा है कि दोषी कानून का मजाक बना रहे हैं और उसे विफल करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं मामले के एक दोषी विनय शर्मा ने कल उच्चतम न्यायालय में अर्जी दायर कर राष्ट्रपति द्वारा अपनी दया याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी इसमें उसने दावा किया है कि जल्दबाजी में दया याचिका खारिज किया जाना दुर्भावनापूर्ण है और यह संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है

उन्होंने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है श्रीमती सुदन ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लगातार चौकस और सतर्क रहने को कहा स्वास्थ्य सचिव ने बताया देश के सभी इक्कीस बड़े हवाईअड्डो बारह बड़े बंदरगाहों और सीमा चैकियों पर जांच की जा रही है अन्योदय के प्रणेता और एकात्म मानववाद के नये दर्शन को भारतीय राजनीति में प्रस्तृत करने वाले पंडित दीन दयाल उपाध्याय की कल पुण्यतिथि मनायी गयी इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के अन्योदय के संकल्प के साथ बिना मेदभाव के समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है

मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को पच्चीस लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है